केन्द्र सरकार ने सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा वाजपेयी ँजी को उनके विलक्षण नेतृत्व और द्रदर्शिता के लिये हमेशा याद किया जायेगा

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया है वे तिरानवे वर्ष के थे शाम पांच बजकर पांच मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली एम्स द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में उनके निधन की जानकारी दी गयी है पूर्व प्रधानमंत्री पिछले छत्तीस घंटे से जीवन रक्षक प्रणाली पर चल रहे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेकैंया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति की महान विभूति बताते हुए अपने शोक संदेश में कहा कि उन्हें उनके विलक्षण नेतृत्व और दूरदर्शिता के लिये हमेशा याद किया जायेगा उप राष्ट्रपति ने कहा है कि देश ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक अमूल्य रत्न को खो दिया है प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से वे निःशब्द हैं शून्य में हैं लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन का प्रत्येक पल राष्ट्र को समर्पित कर दिया था उनका जाना एक युग का अंत है सूचना और प्रसारण मंत्री राजवर्द्वन राठौर ने कहा है कि चाहे पोखरन हो या करगिल राष्ट्र निर्माण में अटल जी का योगदान कृतज्ञता और सम्मान से याद किया जायेगा राज्यपाल सत्यपाल मलिक मूख्यमंत्री नीतीश कूमार उप मूख्यमंत्री सूशील कूमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद् के उप सभापति हारूण रशीद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जीतन राम मांझी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक जताया है केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान रविशंकर प्रसाद राधामोहन सिंह गिरिराज सिंह अश्विनी कुमार चौबे रामकृपाल यादव उपेन्द्र कुशवाहा और आरके सिंह ने शोक जताते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के निधन को देश के लिये अप्रणीय क्षति बताया है राज्य के विभिन्न दलों के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गहरा दुःख जताया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जदयू राजद कांग्रेस रालोसपा लोजपा सहित विभिन्न दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने गहरी संवेदना जतायी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पार्टी के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में शुचिता विनम्रता और आशावाद के समर्थक थे उनके कृतित्व और लेखनी से भी यह भावना झलकती है आकाशवाणी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि

देश में बहुदलीय गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू करते हुए पहली बार सफलता से सरकार चलाने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है जनसंघ से ट्रटकर बनी भारतीय जनता पार्टी के भी वे कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राष्ट्र सेवा के लिये अटल बिहारी वाजपेयी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया राजनीति में उदारवादी छवि वाले अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी के जाने माने कवि लेखक और पत्रकार भी थे केन्द्र में उन्होंने एनडीए सरकार का सबसे पहले उन्नीस सौ छियानवे में नेतृत्व किया

उनके नेतृत्व में केन्द्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी और गठबंधन वाली सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया उन्नीस सौ अंठानवे में उनकी पहल से पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद देश परमाणु शक्ति से सम्पन्न राष्ट्र बना उनके नेतृत्व में करगिल के युद्ध में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठियों की आड़ में छेड़े गये छद्म युद्ध का भारत ने करारा जवाब दिया वर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी केन्द्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सरकारी भवनों प्रतिष्ठानों और कार्यालयों की इमारतों पर पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा राजकीय शोक के दौरान किसी भी तरह का सरकारी कार्यक्रम का आयोजन स्थगित रहेगा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कोन्द्रीय कैबिनेट की आपात बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गयी और राजकीय शोक का निर्णय किया गया केन्द्र सरकार ने कहा है कि पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करने की कोई योजना नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में क्रीमी लेयर लागू कर उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है श्री वेणुगोपाल ने संविधान पीठ को बताया कि इन समुदायों के कुछ लोगों की हालत सुधरी जरूर है लेकिन उन्हें क्रीमी लेयर के दायरे में लाने के मामले में कोई फैसला राष्ट्रपति तथा संसद ही कर सकती है उन्होंने कहा कि न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकती मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव तब तक एक साथ नहीं कराये जा सकते जब तक संविधान में जरूरी संशोधन नहीं किए जाते हैं आकाशवाणी को दिये विशेष साक्षात्कार में श्री रावत ने कहा कि ये चुनाव तभी संभव हैं जब इसके लिए कानूनी ढांचा तैयार हो और जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन हो जाए श्री रावत ने कहा कि इस वर्ष के अंत में राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा का चुनाव नहीं कराया जा सकता है क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है प्रदेश में आज सभी पांच सौ चौंतीस प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड शिविर का आयोजन किया गया इस अवसर पर किसानों से कृषि ऋण के लिये आवेदन पत्र लिये गये इसके अलावा किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण डेयरी पशुपालन मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के लिये केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गयी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि समय पर कृषि ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज दर में केन्द्र द्वारा तीन प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी

कटिहार जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से सुदूर इलाकों में बिजली पहुंचने से लोग विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं

लगभग ढाई हजार परिवारों वाले इस पंचायत में बिजली आने से लोग उत्साहित है स्थानीय निवासी मोहम्मद मुज्जमिल ने बताया

बिजली नाम की क्या चीज होती है जानता नहीं था आज यहां लाईट जल रही है हर घर में हर बच्चे यहां के जो हैं पढ़ने बैठते हैं

अब सब कोई अपने अपने घर में सोता है और रात बारह बजे भी रोड पर लोग आराम से चल सकता है घुम सकता है बिजली पहुंचने से समाज के सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है स्कूल में पढने वाली सईला खातून ने बताया कि अब रात में पढाई में बहुत सुविधा हो रही है

बहुत सारे जगह रौशनी देखते हैं इससे पहले हमलोग मोमबत्ती जलाकर पढ़ते थे जिले में अभियान चलाकर पिछडे क्षेत्र में बिजली की सुविधा मिलने से रौतारा पंचायत के कई गांव अब लालटेन और मोमबत्ती के युग से बाहर आ गये हैं आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर चार सेंटीमीटर से लेकर पांच सेंटीमीटर तक बारिश रिकार्ड की गयी है सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट में पांच सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी वैशाली कैमुर और सारण जिलों में भी कई स्थानों पर चार सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी है अगले चौबीस घंटों के मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड में पिछले तीन दिनों से एक पागल हाथी ने उत्पात मचा रखा है हाथी ने कुचलकर अपने महावत को मार डाला पागल हाथी को नियंत्रित करने के लिये वन विभाग को सूचना दी गयी है बिहार सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर कल एक दिन के अवकाश की घोषणा की है

केन्द्र सरकार ने सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा वाजपेयी जी को उनके विलक्षण नेतृत्व और दूरदर्शिता के लिये हमेशा याद किया जायेगा